प्रदेश में जल्द ही जीरो बजट प्राकृतिक कृषि को अपनाया जाएगा

जयराम ठाकुर ने कहा कि सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए गए लोगों के स्वास्थ्य की चिकित्सीय जांच की जा रही है और लाहौल घाटी में संचार माध्यमों को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक घाटी में विद्युत आपूर्ति बहाल नही कर दी जाती तब तक सौर उर्जा के माध्यम से लोगों को बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है बचाव अभियान इस बीच लाहौल स्पिति जिले के विभिन्न भागों में बर्फ के बीच पिछले लगभग एक हफ्ते से फंसे पर्यटकों व अन्य लोगों को बाहर निकालने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वायु सेना के सहयोग से चलाया गया बचाव अभियान आज सम्पन्न हो गया

टास्क फोर्स के कमांडेंट विंग कमांडर संदीप कुमार अहुजा के दिशा निर्देशानुसार हैलीकॉप्टरों ने छतडू छोटा दड़ा पटसेउ और अन्य दुर्गम क्षेत्रों से पर्यटकों व कामगारों को कुल्लु पहुंचाया

कृषिमंत्री रामलाल मारकंडा ने रैस्कयू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक चलाने पर सभी का आभार जताया

घाटी की ऊंची चोटियों सहित कोकसर सिसु दारचा जिस्पा व केलंग में फिर बर्फबारी होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है इसके अलावा रोहतांग दर्रा खोलने का कार्य भी बर्फबारी से प्रमावित हुआ है इधर कुल्लू जिले में खराब मौसम को देखते हुए एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है उपायुक्त यूनस ने मौसम विभाग द्वारा जिले में बारिश व ऊंची चोटियों पर हिमपात के आशंका के मददेनजर लोगों से विशेष ऐतिहायत बर्तने का आहवान किया है समझौता ज्ञापन बिलासपुर जिले के श्री नैनादेवी और पंजाब के आनंदपुर साहिब के बीच रोपवे के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की उपस्थिति में आज चंडीगढ़ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ता्क्षर किए गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने कहा कि ये रोपवे दोनों राज्यों के बीच एक भावनात्मक सेतु साबित होगा और इससे दोनों राज्यों में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा

इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस रोपवे के बनने से श्री नैना देवी तक पहुंचने के लिए श्रद्वालुओं को चढ़ाई चढ़ने से मुक्ति मिलेगी

महेंद्र सिंह ने कहा इन परियोजनाओं के निर्भित होने से लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे

सुरेश भारद्वाज केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने आज नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज से वस्तू और सेवाकर जीएसटी पर चर्चा की सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं इस दौरान गोवा और उत्तराखण्ड सहित अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी हिमाचल का समर्थन किया वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिला के बंगाणा उपमण्डल के सभी अधिकारियों को क्षेत्र में वर्षा के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के निर्देश दिए है बंगाणा में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को वर्षा से प्रभावित परिवारों की रिपोर्ट तैयार कर जल्द से जल्द फौरी राहत देने के निर्देश दिए है

आचार्य देवव्रत प्रदेश में जल्द ही जीरो बजट प्राकृतिक कृषि को अपनाया जाएगा राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज हरियाणा के गुरूकुल में कृषि फार्म का दौरा करने के दौरान ये बात कही उन्होंने कहा कि शून्य लागत प्राकृतिक खेती ही एक ऐसा विकल्प है जिससे किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये आदर्श बन सकता है

राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान दौर में रासायनिक खेती से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है और यूरिया व पैस्टीसाईड के अत्याधिक उपयोग से खेतों की उपजाऊ शक्ति भी नष्ट हो रही है उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिले के पालमपुर में प्राकृतिक कृषि के प्रशिक्षकों को पदमश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि की बारीकियों से अवगत कराएंगे इसके बाद शिमला में भी प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा ये पहला मौका रहा जब प्रदेश के उपायुक्तों ने किसी मॉडल की तकनीक को जानने के लिए संयुक्त रूप से दूसरे राज्य का दौरा किया है

आकाशवाणी समाचार के लिए कुरूक्षेत्र गुरूकुल से मैं संजीव सुन्द्रियाल

इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साहस शौर्य और बलिदान का स्मरण करना है रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली के इंडिया गेट पर पराक्रम पर्व का शुभारंभ किया इधर शिमला के अनाडेल में सेना प्रशिक्षण कमान ने सर्जिकल स्ट्राईक की दूसरी वर्षगांठ पर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया इस मौके कमान के ब्रिगेडियर एमपीएस गिल ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए आमार जताते हुए कहा कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राईक भविष्य में भी चलती रहेगी

इस बीच सर्जिकल स्ट्राईक दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कल शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे इस मौके राज्य सरकार द्वारा सैन्य बलों के सहयोग से मल्टी मीडिया प्रदर्शनी और सैन्य बलों के योगदान व देश की रक्षा में उनके अदम्य साहस पर वृत चित्र भी दिखाए जाएंगे परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज पालमपुर में तीन दिवसीय सब जुनियर आटया पाटया खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया

परमार ने कहा कि आटया पाटया पौराणणिक खेल है और प्रदेश में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन होना गौरव की बात है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को हर संभव अवसर उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है इस बीच विपिन सिंह परमार ने भारी वर्षा के कारण सौरम वन विहार में हुए नुकसान का जायजा भी लिया उन्होंने कहा कि लोगों की जनभावनाओं व शहीद को समर्पित इस वन विहार को पुर्न स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे बिंदल विघानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि मातु शिशु यदि स्वस्थ होंगे तो देश अपने आप स्वस्थ बनेगा सिरमौर जिले में बीते एक महीने से चल रहे पोषण अभियान के समापन समारोह में आज नाहन में उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक कार्य किए जा रहे हैं ताकि कोई भी माँ व बच्चा कुपोषण का शिकार न हो उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है और स्वास्थ्य मानकों में हिमाचल प्रदेश देश में पहले स्थान पर है

इससे पूर्व उन्होंने नाहन में स्वच्छता अभियान का शुभारम्भ भी किया

पांवटा साहिब में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही केन्द्र सरकार पैट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने की तैयारी कर रही है जिसको लेकर राज्य सरकारों से बात चल रही है उन्होंने कांग्रेस पर धर्म व जाति के आधार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया सत्ती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को केवल झूठे प्रचार और भ्रातियां फैलाने में महारत हासिल है और वर्तमान सरकार द्वारा अभी जिन कामों के टैंडर किए जा रहे हैं उनमें भी कांग्रेस को घोटाले और भ्रष्टाचार नजर आ रहा है मांग चम्बा जिले के दूर दराज क्षेत्र पांगी मण्डल के भाजपा अध्यक्ष ध्यान सिंह नेगी ने प्रदेश सरकार से क्षेत्र में हाल ही में हिमपात से हुए नुकसान से प्रभावित लोगों को राहत देने की मांग की है मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि घाटी में भारी बर्फबारी से सेब के अलावा आलू जौ सहित अन्य फसलें बर्बाद हो गई हैं